इन संस्थानों में नियुक्त शिक्षकों के लिए एक अलग हस्तांतरण नीति तैयार की जाएगी शिमला में आज ग्रामीण विद्या उपासक शिक्षक संघ के राज्यस्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हिमाचल को देश का शिक्षा कोन्द्र बनाने में शिक्षकों की अहम भूमिका है

उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षकों की अनेक श्रेणियां हैं जिन्हें तर्कसंगत बनाने की ज़रूरत है सम्मेलन में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दूरदराज इलाकों में गृणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए ग्रामीण विद्या उपासकों की सराहना की काव्यांजलि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मासिक पुण्यतिथि पर शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय में आज काव्यांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया इसमें अनेक कवियों ने श्री वाजपेयी के जीवन और व्यक्तित्व पर कविताएं पेश कीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा कि श्री वाजपेयी सबके लिए एक प्रेरणास्रोत थे और सबको साथ लेकर चलना उनकी बड़ी विशेषता रही

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में योजना के तहत इस वर्ष एक लाख मुफ्त गैस कनैक्शन देने का लक्ष्य है उन्होंने कहा कि विकास की कोई सीमा नहीं है और केन्द्र व राज्य सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयास किए हैं जो अभूतपूर्व हैं सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने प्रदेश के विकास में अभियंताओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताया है सोलन में एक कार्यक्रम में उन्होंने अभियंताओं से प्रदेश में उपलब्ध जल विद्युत के पूर्ण वैज्ञानिक दोहन के लिए योजनाबद्व कार्य करने का आग्रह किया सैजल ने कहा कि देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और भारत में शिक्षित अभियंता दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने शिमला में बताया कि ये निर्णय ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर लिया गया है

बीके अग्रवाल ने कहा कि आदेशों का पालन न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी एनजीटी कुल्लू ज़िला मुख्यालय से सटे पिरडी कूड़ा संयंत्र में लोगों ने आज दूसरे दिन भी नगर परिषद को कूड़ा फैंकने नहीं दिया स्थानीय लोग कूड़ा डम्प करने के मामले में प्रशासन से एनजीटी के आदेशों का पालन करने की मांग कर रहे हैं कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार एनजीटी ने पिछले वर्ष पिरडी कूड़ा संयंत्र को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं लेकिन प्रशासन ने अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए हैं इस मामले में स्थानीय लोगों ने उच्च न्यायालय और एनजीटी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप का आग्रह किया है वीरेन्द्र कंवर ऊना ज़िले में कुटलैहड़ क्षेत्र के मंदली में छात्राओं की ज़िलास्तरीय खेलें आज शुरू हुई ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलों का महत्व भी बढ़ा है और इसके माध्यम से बच्चे अपना बेहतरीन भविष्य बना रहे हैं वीरेन्द्र कंवर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिले में बेटियों को प्रोत्साहित करने के प्रशासन के प्रयासों की सराहना की खेल इधर राजधानी शिमला के विकासनगर में सरस्वती विद्या मंदिरों की खेल प्रतियोगिता शुरू हुई

प्रतियोगिता के शुभारम्भ पर विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री हेमचंद्र ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलकूद और शारीरिक श्रम को ज़रूरी बताया यूनिट सिरमौर ज़िले में पांवटा साहिब के नवादा में सैनिटरी नैपकिन की छोटी इकाई का उपायुक्त ललित जैन ने शुभारम्भ किया

उपायुक्त ने बताया कि ये नैपकिन विभिन्न दुकानों के माध्यम से बेचने के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि ये कारोबार सफल हो सके